यह मन की बात कार्यक्रम का अट्ठावनवां संस्करण होगा यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जायेगा

आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जायेगा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित कार्यक्रमों को रात आठ बजे एक बार फिर से सुना जा सकेगा

नई दिल्ली में कल भारत तिब्बत सीमा पुलिस आई टी बी पी के अट्ठावनवें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने कहा कि आई टी बी पी को ओर अधिक ताकत और सुरक्षा भूमिकाएं सौंपना केंद्र सरकार की योजना है उन्होंने कहा कि एक हजार छह सौ सात किलोमीटर से अधिक की लंबाई वाले राज्य में अट्ठरह स्थानीय ट्रैक के निर्माण पर एक हजार एक सौ पचहत्तर करोड़ रुपए खर्च होंगे ईटानगर के डॉन बास्को महा विद्यालय में कल हमारा अरुणाचल अभियान का शुभारंभ किया गया उद्घाटन समारोह में राज्य के गृह मंत्री बामंग फेलिक्स सहित राजधानी पुलिस अधीक्षक तुमे आमो और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे अपने संबोधन में गृह मंत्री ने अभियान के लक्ष्यों पर प्रकाश डालते हुए सभी को इस अभियान का हिस्सा बनने और अधिकारों की मांग करने के बजाय व्यक्तिगत जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान केंद्रीय करने पर प्रोत्साहित किया गौरतलब है कि राज्य के सभी महा विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में हमारा अरुणाचल अभियान शुरु किया जाएगा जिसकी पहल डॉन बास्कों कॉलेज से की गई है भारत के लौह प्रुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती इकतीस अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रुप में मनाई जायेगी इसके भव्य आयोजन के लिए तैयारियां पूरे जोरों पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गुजरात में केवडिया जायेंगे इस अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुरुप देश के छह सौ जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम से स्मारक एकता दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे राजधानी पुलिस ने कल बंदरदेवा क्षेत्र से एक ड्रग बेचनेवाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्ति से करीब तिरपन ग्राम संदिग्ध हेरोइन भी बरामद की है बंदरदेवा पुलिस स्टेशन में एन डी पी एस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और ड्रग्स के स्रोतों का पता लगाने के लिए जांच अभियान चलाया जा रहा है ईस्ट सियांग जिला पुलिस ने गत ब्रुधवार को रुकसिन से अवैध रुप से हथियार ले जा रहा एक गैर अरुणाचली व्यक्ति को गिरफ्तार किया पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्ति से जिंदा गोला बारुद के साथ दो पिस्तौल भी अपने जब्त किए ख्रफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने रुकसिन गेट में अवैध रुप से हथियार ले जा रहा वाहन को रोककर उस व्यक्ति को हथियार के साथ पकड़ा हालांकि पुलिस को अभी तक आरोपियों का विद्रोही समूहों या अन्य भूमिगत तत्वों के साथ शामिल होने की पुष्टि नहीं हुई है महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती समारोह के सिलसिले में आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने उनके मानवतावादी विचारों और मूल्यों तथा उच्च आदर्शों की जानकारी देना जारी रखा है समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महनिदेशक ईरा जोशी ने आकाशवाणी भारती के आठवें संस्करण का विमोचन किया ये महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती उनके सेवा समर्पण स्वदेशी स्वावलंबन सहयोग और स्वच्छता के विचारों को समर्पित है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 आज का अधिकतम तापमान तेईस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान उन्नीस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटों के दौरान चार मीलीमीटर बारिश दर्ज की गई